राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल का सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन उनके कार्यो से जो चमक आई है वो करोड़ों लोगों के जीवन को उजाला करती रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नई सुबह इंतजार कर रही है और एक नया कार्यकाल शुरू होने जा रहा है सरकार गठन केन्द्र में नई सरकार के गठन के प्रयासों में तेजी आ गई है भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज नई दिल्ली में बैठक होगी जिसमें नरेन्द्र मोदी को नेता चुना जाएगा इसके बाद शाम को उन्हें संसद के सेन्ट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के निर्वाचित सांसद मोदी को अपना नेता चुनेंगे प्रदेश से चारों संसदीय क्षेत्रों से नव निर्वाचित सांसद अनुराग ठाकुर किशन कपूर रामस्वरूप शर्मा और सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहेंगे दुर्घटना चंबा जिला के चुराह निर्वाचन क्षेत्र के नकरोड़ चांजू मार्ग पर चुरसेउ के पास कल शाम एक जीप के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार निजी विद्युत परियोजना में लगा ये वाहन परियोजना साईट से बघेईगढ़ की तरफ जा रहा था

एनसीसी शिविर एनसीसी कैडेट्स को अनुशासन के महत्व पर जानकारी देने के उदेश्य से शिमला जिला के ठियोग में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है शिविर में कुल्लू किन्नौर और शिमला जिलों के महाविद्यालयों व स्कूलों के कैडेट्स भाग ले रहे हैं सेना व एनसीसी अधिकारियों की देखरेख में चलाए जा रहे इस शिविर में कैडेट्स को अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

कर्मचारी हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिले ऐतिहासिक जनादेश का स्वागत किया है महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व संयोजक विनोद कुमार ने शिमला से जारी एक बयान में कहा कि देश व प्रदेश की जनता ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और पारदर्शी सुशासन पर मुहर लगाकर पूरे विश्व में देश का मान बढ़ाया है

बैठक की अध्यक्षता करते हुए यूको बैंक के जिला प्रबंधक केवल कृष्ण जसवाल कहा कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने की क्षमता केवल हिंदी में ही है उन्होंने कहा कि हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना संपूर्ण योगदान दें अखबारों की सुर्खियों से आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है संगठन से मांगी है रिपोर्ट उसी आधार पर होगी अनिल शर्मा पर कार्रवाई दैनिक जागरण के शब्द हैं सुखराम वीरभद्र का दौर गया सोच समझकर करें बयानबाजी हिमाचल दस्तक ने लिखा है वीरभद्र सुखराम को सलाह गलतफहमी से बाहर निकलें आपका फैसला का शीर्षक है राहुल की हार से कांग्रेस परिवार मुक्त होने की ओर दैनिक भास्कर का कहना है प्रचंड बहुमत के बाद अब विकास का एजेंडा नए सिरे से होगा तय दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है पीएम को मिलने आज दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर मोदी व शाह के समक्ष रखेंगे हिमाचल में प्रचंड जीत का ब्यौरा राजीव बिंदल व राकेश पठानिया को मिल सकता है मंत्रिमंडल में स्थान शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है विधानसभा अध्यक्ष के लिए आगे आया कर्नल इंद्र सिंह का नाम धवाला व बरागटा के साथ बलबीर वर्मा भी दौड़ में जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है अब अनिल शर्मा पर कार्रवाई की बारी चुनावी भूमिका पर सरकार ने मांगी संगठन से रिपोर्ट अमर उजाला की एक खबर है करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान वीरभद्र निशाने पर

चीफ जस्टिस सूर्याकांत ने ली सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ शीर्षक से खबर को आपका फैसला ने प्रमुखता दी है पेट से निकले आठ चम्मच चाकू दो पेचकस दो ब्रश शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है नेरचौक में आपरेशन के दौरान सामने आया हैरत अंगेज़ मामला हिमाचल दस्तक की एक अन्य ख़बर है शतरंज संगीत व योग पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के नौनिहाल पहली से दसवीं के छात्रों को पढ़ाए जाएंगे तीनों विषय मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है चोटियों पर रूक रूक कर बर्फबारी का दौर जारी रोहतांग से वाहनों की आवाजाही शुरू जबकि आपका फैसला ने लिखा है पहाड़ों पर गिरे फाहे मैदानों में बारिश से गिरा तापमान